ये पांच प्रमुख क्षेत्र हैं दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध व्यापार और समुद्धि रक्षा और सुरक्षा जलवायु के संरक्षण के लिए कदम और स्वास्थ्य सेवा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कांन्फ्रेन्सिंग के जरिये ऑक्सीजन आपूर्ति दवाओं की उपलब्धता और कोरोना संकमण की स्थिति की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आज से शुरू हो रहे महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाडे की गाईडलाईन की कडाई से पालना कराने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन परिवहन के लिए राजस्थान को जरूरत के मुताबिक टैंकरों का आंवटन करवाने के लिए मजबूत प्रयास किये जाए मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर की जल्द खरीद करने के भी निर्देश दिए उन्होंने कहा कि विदेशों से इनका आयात करने के लिए गठित अधिकारियों की कमेटी प्रक्रिया को तेज करें ताकि कोविड मरीजों के उपचार में मदद मिले

इसके तहत सभी कार्यस्थल व्यवसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे

महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाडे के दौरान प्रत्येक शुक्रवार से सोमवार सुबह तक वीकेण्ड कर्फ्यू रहेगा कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति के बिना कारण घूमने पर उसे संस्थागत क्वारेन्टीन कर दिया जायेगा

स्वस्थ्य विभाग के अनुसार ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करने वाले लाभार्थियों को बिना अपोइमेंट बुक किये वैक्सीनेशन नहीं किया जायेगा

चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने प्रदेश में लगातार बढ रहे संकमण के मामलों पर चिंता जताई है उन्होंने लोगों से कोविड गाईडलाईन की पालना करते हुए सरकार का सहयोग करने की अपील की है

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के सीताराम नायक तीसरे स्थान पर रहे

वहीं राजसमंद विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार दीप्ति किरण माहेश्वरी विजयी रही